उच्चतम न्यायाल ने रफ़ाल लड़ाकू विभाग सौदे के फैसले पर पूर्न विचार को मामले मे केन्द्र के प्रांरभिक आपति को खारिज कर दिया है केन्द्र ने न्यायालय से अन्रोध किया था कि अदालत प्रस्त्त किये गये गोपनीय दसतवेज़ गैर कानूनी तरीके से प्राप्त से प्राप्त किये गये थे

मुख्य न्यायाधीश न्यायमर्ति रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने कहा कि वे युनियन आफ इंडिया दवारा उठायी गई आपत्ति को खारिज करे रहे है जिसमे प्र्न विचार याचिका को कायम रखने पर प्रश्न उठाया गया है

अदालत ने कहा कि वह इसके लिये तारीख मुकर्रर करेगी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डा अशोक तंवर ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राफ़ेल सौदे से सम्बधित सरकार की प्रांरभिक आपतियों को खारिज करने का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस मामले का सच जल्द ही जनता के सामने आयेगा निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर फिल्म पीएम नरेन्द्र मोदी के चुनाव अवधि के दौरान रिलीज़ पर रोक लगा दी है अपने आदेश में आयोग का मानना है कि किसी के जीवन पर बनी फिल्म का च्नाव पर प्रभाव पड़ सकता है आदर्श आचार सहिता तथा संविधान के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हये आयोग ने कहा कि जीवन वृतांत के नाम पर कोई भी जीवनी सच्चरित्र लेखन किसी भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति के उददेश्य को पूरा करने मे कुछ मदद कर सकती है

आयोग ने कहा कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया और अखबारों में इस सम्बधी पोस्टर या प्रचार सामग्री भी नहीं दिखाई जायेगी भारतीय प्रैस परिषद ने मीडिया का च्नावों सम्बधी रिपोर्ट देने और पेड न्य्ज़ के खिलाफ सावधानी बरतने क निर्देश दिये है परिषद ने मीडिया के लिये दिशा निर्देश जारी करते हये कहा कि चुनावों के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी उम्मीदवार या च्नाव अभियान से ज्ड़े आसाधारण तथ्यों को समाचार पत्रों मे कोई स्थान न दिया जाये प्रैस परिषद ने मीडिया को ऐसे समाचारों के प्रकाशन में सावधानी बरतने को कहा है जिनसे किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति और भाईचारे सम्बधी भावनाओं को ठेस पहंचे इसके अतिरिक्त परिषद ने किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ बिना पृष्टि किए कोई भी आलोचनात्मक बयान या आरोप छापने के खिलाफ समाचार पत्रों को आग्रह किया है भारतीय स्टेट बैंक ने आवास ऋण पर ब्याज दरों में कटौती की है

प्रतिशत के संशोधन के साथ प्र्न निर्धारित किया है

श्री शरण आज सिरसा मे एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे इससे पहले उन्होंने सिरसा की विभिन्न मंतिया का दौरा कर खरीद कार्यो का जायजा लिया

उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया मे हो रही देरी पर कहा कि प्रत्येक मंडी में पहले एक एक आईडी दी गई थी जिससे पंजीकरण में ज्यादा समय लग रहा था अब उम्मीद है कि आज शाम तक मंडिया में चार लॉग इन आईडी उपलब्ध हो जायेगी जिससे पंजीकरण का काम तेज़ी आयेगी इसके अलावा कर्मचारियों को भी टीम भावना और तालमेल के साथ काम करने को कहा गया है

उठान में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उठान भी समय पर किया जा रहा है और व्यापारियों व खरीद एजेंसियों का इलैक्ट्रोनिक कांटे का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा है कि सभी जिला निर्वाचित अधिकारी जमानत पर छूटे और पिछले ुचुनावों में दंगा फसाद में लिप्त रहे लोगों के शस्त्र लाइसेंसो की समीक्ष करे और जरूरी हो तो संदिग्ध लोगों के लाइसेंस निरस्त किये जाये उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी स्निश्चित करने को कहा है कि च्नाव संपन्न होने तक कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जनता के बीच न जाये हमारे संवाददाता के अन्सार पूरे प्रदेश मे अबतक तिहतर हजार हथियार जमा कराये जा च्के है म्ख्य निर्वाचित अधिकारी ने जिला च्नाव अधिकारियो को शस्त्र विक्रेताओं व डीलरों के पास उपलब्ध हिथयारों के स्टॉक की समीक्षा करने के निर्देश भी दिये है

जिला निर्वाचन अधिकारी डा शालीन ने प्रत्येक के मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हये इस मानव श्रंखला में शामिल होने की अपील की है अम्बाला मे मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये आज मुलाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय मे रंगोली व मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उधर फेतेहाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि इस बार लोकसभा चूनावों में मतदाता को मिलने वाली वोटर सिलप के पीछे मतदान केन्द्र की स्थिति को दर्शाता ग्रगल मैप प्रिंट होगा जिसकी मदद से मतदाता आसानी से पोलिंग बूथ तक पहंच सकेंगे हमारे पलवल संवाददाता ने जिला निर्वाचन अधिकारी के हवाले से बताया कि इस बार जिले मे गुलाबी रंग के मतदान केन्द्र भी बनायें गये है जिनमें पोलिंग स्टाफ के सभी सदस्य महिलायें होगी अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद रतन लाल कटारिया ने आज विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल और सौरा से विधायक बलवंत सिंह के साथ यम्नानगर जिले में आलोवृष्टि से खराब हुई फसलों का जायज़ा लिया श्री कटारिया ने पीडि़म किसानों से बातचीत भी की और कहा कि उनकी फसल को हये न्कसान की जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जायेगा

श्री माता मनसा देवी चैत्र नवरात्र मेले के पांचवे दिन विभिन्न राजयों से बड़ी गिनती में श्रदवाल्ओं का आना जारी है श्रदवाल्ओं ने मंदिर में माथा टेका और महामाई का आर्शीवाद लिया और मेले में की गई बेहतर व्यवस्था की सराहना की श्री माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरोड़ा ने बताया कि कल श्री माता मनसा देवी व काली मंदिर कालका मे सत्रह लाख सतावनवे हजार एक सौ सौ सताइस रूपये का नकद चढ़ावा आया

पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि मेले में भजन संध्या का आयोजन हो रहा है शाम साढ़े छ से नौ बजे तक चलने वाली भजन संध्या में भजन गायक ईश्वर शर्मा सहित कई हरियाणवी भजन का अपनी प्रस्त्तियां दे रहे है पलवल के ना्ररिक अस्पताल को आज दो एंबुलेस व दो अल्ट्रासाउंड मशीनें प्रदान की गई एक रबड़ कंपनी द्वारा सीएसअर योजना के तहत प्रदान की गई एंबुलेंस को उपायुक्त मनी राम शर्मा ने रवाना किया उन्होंने आज अल्ट्रासांउट मशीन का भी विधिवत श्भारंभ किया